उन्होंने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी राज्यों की लेखा परीक्षा संस्थाओं से सहयोग करके उन्हें क्षमता निर्माण और दिशा निर्देश तैयार करने संबंधी परामर्श जारी करने लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा मानदंड विकसित करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं आज नई दिल्ली में महालेखाकारों के दो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया बनाने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रही है राष्ट्रपति ने कहा कि डेढ़ सौ साल पुरानी यह संस्था देश की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करती आ रही है और जवाबदेही की व्यवस्था करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि कम खर्च में सही काम हो इस उन्तीसवें सम्मेलन का विषय है डिजिटल दौर में लेखा परीक्षा और लेखा प्रक्रिया इसमें देश भर के महालेखाकार हिस्सा ले रहे हैं रायबरेली के पास हरचंदपुर स्टेशन पर आज सुबह न्यू फरक्का एक्सप्रेस के इंजन और नौ डिब्बों के पटरी से उतर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक घायल हो गये हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मी और स्थानीय लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं रेलमंत्री पियूष गोयल ने रेल दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपये और गंगीर रूप से घायलों को एक एक लाख और मामूली रूप से घायलों को पचास पचास हजार रूपये की अनुप्रह राशि देने की घोषणा की है श्री गोयल ने रेल प्रशासन को प्रमावी ढंग से राहत और बचाव कार्य चलाने और घायलों को हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल घटनास्थल पर हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के करीब बारह लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है इससे ग्यारह लाख इक्यानबे हजार रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जूड़ा बोनस दिया जायेगा इससे सरकार पर बीस अरब चौवालिस करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे कर्मचारियों को रेलों की कार्यकुशलता सुधारने की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलेगी से में से के सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अच्छा व्यवहार अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है सोशल मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत के बारे में फेसबुक लाइव चर्चा में श्री राठौड़ ने कहा कि इस दिशा में माता पिता और अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने मासिक प्रसारण मन की बात में जोर दिया है कि सोशल मीडिया का लोगों के फायदे के लिए जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाये शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं लोगों ने अपने घरों में भी कलश स्थापना कर के पूजा अर्चना शुरू कर दी है आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलप्त्री की प्रजा अर्चना की जा रही है प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्ध्याचल के माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो गया है आज अन्तिम समाचार मिलने तक लगभग डेढ़ लाख श्रद्वालुओं ने दर्शन कर लिये थे मेले की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं नेपाल की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिये श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है इनमें पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्वाल् भी शामिल हैं सीताप्र जिले के नैमिषारण्य स्थित माँ ललिता देवी मंदिर वाराणसी के दुर्गाकुण्ड अयोध्या के बड़ी देव काली और छोटी देव काली मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिये श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित शाकुम्भरी देवी मंदिर गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी श्रद्वाल पंक्तिबद्व होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं